वे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तथा इस अवसर पर आयोजित एकता दिवस परेड को देखेंगे व एकता शपथ दिलायेंगे इधर प्रदेश में राष्ट्रीय एकता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र करेंगे मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला स्थित राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे इसके अलावा वे बल्क ड्रग पर एक वैबिनार को भी संबोधित करेंगे

स्ट्रोक यानि लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का कोई भी अंग अचानक से काम करना बंद कर देता है

उन्होंने कहा कि स्ट्रोक दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जांएगे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हिमाचल दस्तक का कहना है दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दिसंबर में आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के लिए तैयार रहें

दैनिक जागरण की एक खबर है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी पटेल जयंती अजीत समाचार ने लिखा है सिरमौर के तीन युवकों की करनाल में सड़क हादसे में मौत

दिव्य हिमाचल के अनुसार आईजीएमसी में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें नेरचौक मेडिकल कॉलेज दूसरे स्थान पर